श्री जावडेकर ने कहा है कि इस फैसले से किसानों की आय में वृद्धि होगी

बीएसएनएल और एमटीएनएल को वापस पटरी पर लाने की योजना के तहत संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि दोनों कंपनियों को न तो बंद किया जाएगा और न ही इनका विनिवेश होगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में समी सहकारी संस्थाओं और कृषि मंडी समितियों के चुनाव समय पर कराये जाएं श्री गहलोत ने कल जयपुर में सहकारिता और कृषि से संबंधित समीक्षा बैठक में कहा कि इससे लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की भावना को और मंजबूती मिलेगी उन्होंने निर्देश दिए कि इसके लिए अगर नियमों या अधिनियम में बदलाव या संशोधन की आवश्यकता हो तो किया जाए इस दौरान मुख्यमंत्री ने रबी सीजन के लिए फसली ऋण वितरण समर्थन मूल्य पर मूंग उडद सोयाबीन और मूंगफली की खरीद फसल बीमा योजना की भी समीक्षा की प्रदेश की नागौर जिले की खींवसर और झुंझुनू जिले की मंडावा विघानसभा सीट के उपचुनाव के लिए वोटो की गिनती आज की जा रही है

आदेश के अनुसार आरएएस निष्काम दिवाकर को राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल के सचिव के पद पर और श्रीमती अनुप्रेरणा कुंतल को पंचायती राज विभाग में संयुक्त सचिव तथा उपायुक्त के पद पर लगाया है भारतीय प्रेस परिषद की जांच समिति जयपुर में आज भी सुनवाई जारी रखेगी